मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें

केन्द्र ने कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण की रणनीति की कल घोषणा की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हई बैठक में यह फैसला लिया गया इस चरण में सभी सरकारी टीकाकरण केन्द्रों पर पात्र लोगों को पहले की तरह मुफ्त टीके लगाए जाएंगे

वैक्सीन निर्माता राज्य सरकारों तथा खुले बाजार में उपलब्ध होने वाली वैक्सीन की कीमत पारदर्शी रूप से पहले से ही घोषित करेंगे

प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के मुद्दे और टीकाकरण अभियान की प्रगति के बारे में देशभर के प्रमुख डॉक्टरों से कल वर्चअल माध्यम से बातचीत करते हुए आग्रह किया कि कोविड उपचार और रोकथाम से संबंधित कई भ्रांतियों और अफवाहों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए

जयपुर जिले में भी नए मरीजों की संख्या बढ़कर दो हजार के पार हो गई है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

यह कार्यक्रम सुबह के समाचार के तुरंत बाद प्रसारित होगा

मुख्यमंत्री ने कल रात वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जन अनुशासन पखवाड़े के प्रतिबंधों की पालना निचले स्तर तक कड़ाई से सुनिश्चित की जाए

उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क पर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क नहीं दिखना चाहिए

टोंक में पुलिस और प्रशासन ने गाइड लाइन की पालना के लिए घंटाघर से सवाई माधोपुर रोड तक फलैग मार्च कर लोगों को घर पर ही रहने की अपील की

बीकानेर जिला मजिस्ट्रेट ने फल सब्जी किराना और दूध की दुकानों के लिए एक आदेश जारी किया है इसके अनुसार जिन जगहों पर सब्जी दूध और किराना की बहुत सारी दुकानें हैं वहां एक दिन आधी दुकानें और अगले दिन बाकी की आधी द्कानें ख्लेंगी

इस दौरान उन्होंने कहा कि बेवजह घूमने वालों की गिरफतारी के साथ ही वाहन जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी वाहन चालक को सड़क पर आने का ठोस कारण बताना होगा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि बाड़मेर में रिफाइनरी की परियोजना को जल्द से जल्द प्ररा करवाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है कल जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड एचआरआरएल परियोजना के निर्माण कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हए उन्होंने अधिकारियों को प्रोजेक्ट के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए कहा उन्होंने कहा कि पॅरियोजना की सहभागी कम्पनी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के साथ सभी स्तर पर आगे बढकर सहयोग किया जाए